रांची कोरोना राजधानी रांची में कोरोना की मरीज के मिलने के बाद यहां के हिन्दपीढी इलाके में कल रात से ही कर्फ्यू लगा दिया गया है झारखण्ड में कोरोना वायरस से संक्रमण का यह पहला मामला सामने आया है

इस संबंध में रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कल देर षाम वरीय पुलिस अधीक्षक और सदर अनुमंडल पदाधिकारी रांची के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उपायुक्त ने बताया कि संक्रमित महिला मलेषिया की है वह बीते सोलह मार्च की शाम को राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से रांची आई थी और सत्रह मार्च को रांची पहंची महिला ने राजधानी एक्सप्रेस के बी वन कोच में सफर किया था जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा इस महिला को क्वॉरेंटीन में रखा गया महिला की जांच कराई गई जिसके बाद यह महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई

रांची के उपायुक्त ने भी कहा है कि जिन लोगों ने उस कोच में या आसपास के कोच में होते हुए टॉयलेट आदि का इस्तेमाल किया वह एहतियातन अपनी जांच कराएं

उपायुक्त रांची ने बताया जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है सोशल मीडिया के अफवाहों पर ना जाए जिला प्रशासन द्वारा वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं बीस से ज्यादा टीमें स्क्रीनिंग में लगी है हिंदपीढ़ी में होम स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद उस इलाके से आउटवार्ड स्क्रीनिंग की जानी है उपायुक्त ने बताया कि संक्रमित महिला के संपर्क में आने वालों की जांच कराई जाएगी जो लोग महिला के संपर्क में आए हैं जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए खुद निकल कर सामने आए लिस्ट बनाकर उनकी जांच कराएगी जाएगी उपायुक्त ने कहा कि हिंदपीढ़ी में कर्फ्यू के दौरान किसी को आवश्यक वस्तुओं की जरूरत है तो वह हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकता है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि रांची में कोरोना वायरस से संक्रमित एक महिला की पहचान हुई है प्रशासन पूरा एहतियात बरते झारखण्ड वासी भी प्रशासन का सहयोग करें उन्होंने कहा कि झारखण्ड के लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है लोग घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे लॉक डाउन का पालन सुनिश्चित होना चाहिए वे कल वरीय अधिकारियों को लॉक डाउन के संदर्भ में निर्देश दे रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर हो रही जांच में तेजी लाएं अधिक से अधिक लोगों का जांच हो यह सुनिश्चित करें

बाहर से आ रहे लोगों की निगरानी होनी चाहिए होम क्वारंटीन की लगातार समीक्षा करें खेलगांव सहित अन्य स्थानों के क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करें ऐसा ना हो कि अवधि पूर्ण होने से पूर्व कोई सेंटर से चला जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉक डाउन के बाद झारखण्ड आये मजदूरो की पहचान करें ताकि उन्हें लाभान्वित करने का कार्य किया जा सके उन्होंने ने कहा कि राज्य के जनवितरण प्रणाली की द्कान के माध्यम से दो माह का राशन यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं जिन जिलों को राशन का आवंटन नहीं हुआ है वहां राशन पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करें बन्ना गुप्ता झारखण्ड में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से स्थिति की जानकारी ली

केन्द्रीय मंत्री ने इसे जल्द पुरा करने आष्वासन दिया है

रविवार तक तबलीग जमात के लगभग एक सौ बासठ कार्यकर्ताओं की जांच की गई और उन्हें क्वारेंटीन के लिए भेजा गया अब तक एक हजार तीन सौ उनचालीस कार्यकर्ताओं को नरेला सुल्तानपुरी और बक्करवाला क्वारेंटीन केन्द्रों में भेजा गया है पुलिस जमात के इन सभी विदेशी कार्यकर्ताओं के वीजा की जांच करेगी और वीजा शर्तो के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करेगी त्वरित कार्रवाई कर ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान उन्हें अलग करने और क्वारेंटीन के कार्य किये गये जिनके संक्रमित होने की आशंका है गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों तथा दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश जारी किये हैं इस बीच निजामुद्दीन के मरकज में रह रहे कार्यकर्ताओं को चिकित्सा जांच के लिए मनाया गया है आमतौर से तबलीगी जमात के रूप में विदेशी नागरिक पर्यटन वीजा पर भारत आते हैं गृह मंत्रालय ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिये थे कि उन्हें ट्ररिस्ट वीजा पर मिशनरी कार्य नहीं करने चाहिए पुलिस इन सभी विदेश तबलीगी कार्यकर्ताओं के वीजा की श्रेणियों की जांच करेगी और वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करेगी इधर राज्य की विषेष षाखा ने सभी जिला उपायुक्तों रांची जमषेदपुर और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षकों और सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को नई दिल्ली के हजरत निजामुदीन में धार्मिक सम्मेलन में षामिल होकर झारखण्ड लौटने वाले लोगों की सूची और मोबाईल नंबर जारी कर जल्द से जल्द उनकी जांच कराने का निर्देष दिया है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

जैक ने कल सभी जिला षिक्षा पदाधिकारी और सभी सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के प्रार्चायों को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देष जारी किया है हेल्पलाइन नंबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देष के सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे समन्वय स्थापित कर फंसे हुए लोगों की मदद करें श्री सोरेन ने देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे झारखण्ड वासियों से आग्रह किया है कि अभी लॉक डाउन की वजह से उनकी वापसी मुश्किल है राज्य सरकार उनतक मदद पहंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस से घबरायें नहीं घर पर रेहें और सुरक्षित रहें इस संदर्भ में श्रम विभाग ने दस हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं जिस पर संपर्क कर लोग सरकार से सहायता मांग सकते हैं

इसके तहत लोग दान की राषि चेक और ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज भूगतान पर तीन महीने तक रोक लगाने के लिए कहा था भारतीय स्टेट बैंक पंजाब और सिंघ बैंक केनरा बैंक यूको बैंक सिंडिकेट बैंक और बैंक ऑफ बडोदा ने ट्वीट के जरिए अपने ग्राहकों को ईएमआई के भुगतान पर रोक लगाने की पेशकश की है यह रोक एक मार्च से एकतीस मई तक लागू रहेगी वहीं सरकार ने डाकघरों की छोटी जमा योजनाओं पर ब्याज दर एक दषमलव चार फीसदी के कटौती की है नई दरें अप्रैल से जून तिमाही के लिए निर्धारित की गई हैं इससे जमाकर्ताओं को आर डी किसान विकास पत्र और अन्य छोटी जमा योजनाओं पर कम ब्याज मिलेगा

मामलों में आए इस बढोतरी के कारण है कि क्छ लोकशन पर लोगों का सहयोग न मिलने से समय पर सुचित न करने के कारण अचानक मामले की संख्या में यह वुद्वि दर्ज की गई है

इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या एक हजार दो सौ इक्यावन हो गई उन्होंने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में तीन लोगों की मृत्यु हुई जिनमें से एक गुजरात एक पश्चिम बंगाल और एक मध्य प्रदेश का था उन्होंने कहा कि एक सौ एक लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने कहा कि अब तक बियालीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है लॉकडाउन सख्ती राजधानी रांची में कोरोना की मरीज मिलने के बाद लॉकडाउन के नियमों को लेकर सख्ती बढा दी गई है कल रात से ही प्रषासन की ओर से वाहनों की जांच की जा रही है वहीं लोगों को घरों में रहने का निर्देष दिया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा यह अपील की जा रही है कि लोग बेवजह अपने घर से बाहर न निकलें जिला पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह बैरिकेटिंग कर वाहनों की कड़ाई से जांच की जा रही है इस संबंध में कल देर षाम रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे और वरीय पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता द्वारा कंट्रोल रूम से पूरी स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने वरीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर हालात पर चर्चा की उपायुक्त ने बताया कि वायरस के संकमण की रोकथाम के साथ होम स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है उपायुक्त ने लोगों से कहा कि अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें